सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कई सुधार किये है प्रधानमंत्री आज वाराणसी दौरे पर है जहां उन्होंने विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और कांशीविश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर देव दीपावली समारोह में हिस्सा ले रहे है

केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि लोग संसद से पारित कृषि सुधारों से संबंधित कानूनों के बारे में कोई गलतफहमी न रखें एक टवीट में उन्होंने कहा कि पंजाब के किसानों ने पिछले साल के मुकाबले इस साल बाजार में ज्यादा और ऊंची दरों पर अपनी फसलें बेची हैं श्री जावडेकर ने स्पष्ट किया कि न्युनतम समर्थन मुल्य एम एस पी अभी जारी है और मंडियां काम कर रही हैं तथा फसलों की सरकारी खरीद भी चल रही है इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्विट संदेश में कहा है कि उनकी सरकार किसान हितैषी है किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है

इनमें पूणे की जिनोवा बायोफार्मा हैदराबाद की बायोलॉजिकल ई और डॉक्टर रेड्डी लेबोरेट्री शामिल है

उन्होंने कम्पनियों से वैक्सिन निर्माण के बारे में लोगों को आसान भाषा में जागरूक करने को कहा वैक्सिन निर्माण और आपूर्ति के सभी पहलूओं पर चर्चा करते हुये प्रधानमंत्री ने कोरोना वैक्सिन के निर्माण में लगे वैज्ञानिकों के प्रयासों की सराहना की जिन टीकों के बारे में चर्चा की गई वे सभी परीक्षण के विभिन्न चरणों में हैं इनका विस्तृत डेटा और नतीजे अगले साल की शुरूआत से मिलने की आशा है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

राज्य के पांच और जिलों नागौर पाली टोंक सीकर और श्रीगंगानगर में रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक का रात्रि कफ्यू लगाया जा रहा है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

उनका अंतिम संस्कार कल उदयपुर में किया जायेगा पुर्व उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमती माहेश्वरी का कल देर रात निधन हो गया था कोरोना से संक्रमित होने के बाद वे गुरूग्राम के एक अस्पताल में भर्ती थी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यपाल कलराज मिश्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित प्रदेश के कई नेताओं ने श्रीमती माहेश्वरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है

गुरूवाणी और शबद कीर्तन के कार्यक्रम रखे गये हैं

दौसा से हमारे संवाददाता ने बताया कि इस अवसर पर लंगर का भी आयोजन किया गया और कोरोना से मुक्ति की अरदास की गयी

टोंक से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि देवली रिथित गुरूद्वारे में गुरूग्रंथ साहब के पाठ और शबद कीर्तन के आयोजन हुये झालावाड़ के भवानी मंडी स्थित ग्रूट्वारों में अखण्ड पाठ हये किन्तु इस बार लंगर आयोजित नहीं किया गया इधर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पुष्कर के विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया हमारे अजमेर संवाददाता ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण इस साल श्रद्वालुओं की संख्या काफी कम रही

प्रत्याशी और उनके समर्थक घर घर जाकर मतदाताओं से जनसंपर्क कर रहे हैं मतदान दल अपने गंतव्यों में पहुंचना शुरू हो गये है इससे पहले ब्रंदी टोंक जालौर झालावाड़ और प्रतापगढ़ जिलों में विभिन्न स्थानों पर मतदान दलों के कार्मिकों को अन्तिम प्रशिक्षण दिया गया और कारोना महामारी को देखते हुये सावधानीपूर्वक मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने के निर्देश दिये गये

उन्होंने बताया कि निर्भीक और शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये गये है अतिसंवेदनशील पंचायतों पर पुलिस जाब्ता लगाया गया है

चूरू और सीकर में शीतलहर का असर जारी है